उन्होंने पूर्णबंदी तथा परस्पर सुरक्षित दूरी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों का जीवन बचाने के लिए यह आवश्यक है उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र जान है तो जहान है के स्थान पर जान भी और जहान भी होगा

कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन और दो सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध किया है

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस के प्रभाव को जानने के लिए महत्वपूर्ण हैं आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संकट आत्मनिर्भर बनने और देश को आर्थिक शक्ति बनाने का एक अवसर है बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की स्थिति के बारे में अवगत कराया मुख्यमंत्रियों ने महामारी को काब् करने के उपाय स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार प्रवासी मजदूरों की मदद और आवश्यक वस्तुओं की आपूति बनाये रखने की जानकारी दी

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में सात हजार तीन सौ सडसठ लोगों का उपचार हो रहा है

दिल्ली दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी जाये और अतंर्राज्जीय एवं अतंर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ाई से आवागमन रोका जाये प्रदेश में कही भी कोई आयोजन न होने दिया जाये

उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टेंसिंग है

उन्होंने विभिन्न स्थलों पर रह रहे मजदूरों श्रमिकों और कामगारों तथा अन्य लोगों से अपील की कि वे अपने निवास स्थान पर ही बने रहे सरकार उनकी पूरी सहायता करेगी

इनमें इंडोनेशिया के दस और थाईलैंड के सात नागरिक शामिल हैं

प्रदेश के प्रलिस महानिदेशक कारागार आनंद कुमार ने बताया इंडोनेशियन नागरिक एवं सात थाइलैंड के नागरिक को बहराइच जेल में लाया गया है इनको कुछ दिन पहले आईपीसी की सुसंगत धाराओं के वाइलेशन में डिजास्टर मैंनेजमेंट की धाराओं के वाइलेशन में और फारनर एक्टा के वाइलेशन में इनको अरेस्टस किया गया था और जिला प्रशासन द्वारा इनको सेपरेट एनक्लोजर में क्वारेंटीन किया गया मुझे यह जानकारी जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से मिली है

जेल डाक्टर के सार्टिफिकेशन के बाद ही इनको सेपरेट एनक्लोजर से मैन बैरक में लाया जायेगा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

सभी की तैयारियां पूरी हो गई है

गांव देहात कस्बों में है तो किसान भाइयों को बहनों को वहां पर आने में कोई असुविधा नहीं होगी वहा ंपर लोकर वह अपना गेहूँ बेच सकते है यह जरूर हमने इंश्योर किया है कि एक साथ भीड़ न हो सोशल डिस्टेंगिंग श्योर करना है तो हम लोग फोन करके एक एक दिन में जिसमें किसान एक केन्द्र की क्षमता संभव है खरीदने की उनको फोन करके बुलायेंगे और अगले दिन दूसरे किसान भाई बहनों को बुलायेंगे जिससे कि किसी प्रकार की भीड़ न हो

इस पर कोई भी शिकायत मिलने पर उसका तत्काल समाधान किया जायेगा कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आश्वस्त किया है कि देश में अनाज की कोई कमी नहीं होगी दूरदर्शन को दिए विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार मौजूद है प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च प्राविधिक चिकित्सा शिक्षा नर्सिंग शिक्षा आदि में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकारों से वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा सुव्यवस्थित और वृहद रूप से आगे बढ़ायी जाये जिससे विद्यार्थियों की शिक्षा पर कोई प्रभाव न पड़े उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सभी अधिकारी कर्मचारी छात्र अभिभावक शिक्षक आरोग्य सेतु ऐप का आधिकाधिक प्रयोग करे

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार राय ने कल राजभवन में राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनन्दीबेन पटेल के सामने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के मानक के अनुसार नैक मूल्यांकन के लिये तैयार मॉडल का प्रस्तुतीकरण किया राज्यपाल ने इस मॉडल की सराहना करते हुए इसे सभी विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिया आज दुनियाभर में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है यह दिवस ईसामसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाता है गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढाया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है